केंद्र सरकार ने कहा देश में सामूदायिक संक्रमण की प्रष्टि नहीं हयी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ संघर्ष में आगे की रणनीति तय करने के लिए आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे प्रधानमंत्री इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में वर्तमान स्थिति और राज्य सरकारों की ओर से उठाये कदमों के बारे में विचार विमर्श करेंगे केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और घबराने की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने बताया कि कल सोलह हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई श्री अग्रवाल ने कहा कि एकत्र किए गए नमूनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि संक्रमण की दर अधिक नहीं है

वैरी सैड कि अगर ये स्टडिंग इंडिकेट करते कि कुछ पर्टिकुलर केसेज में कॉन्टैक्ट्स की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है तो इट ओनली नीड्स फर्दर इन्वैस्टिगेशन कि हम उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को फर्दर लोकेट करें और साथ में जैसा कि आप लोगों की नॉलेज में है इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कुछ हमारे एरियाज हैं जहां केसेज का नम्बर थोड़ा बढ़ जाता है तो उन केसेज में कई बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सही ढंग से हो नहीं पाती तो फिर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा देश में अभी कम्यूनिटी ट्रांसमिशन नहीं है उतनी भय की स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है हमें अलर्ट रहना है और रिक्वायर्ड डूज एंड डोन्ट्स को फोलो करना है श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक करोड गोलियों की आवश्यकता है और अभी सवा तीन करोड़ से अधिक गोलियों का भण्डार है

जो आईसीयू केसेज से डील कर रहे हैं और जो फर्स्ट लैवल ऑफ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो कन्फर्मड केसेज के हैं तो उनके लिये हमने जो प्रोजैक्शन किया तो हमें करीब एक करोड़ टैबलेट की जरूरत होगी

जिसमें हमारी प्रोजैक्टेड रिक्वायरमेन्ट हैं इस टाइम उसके तीन गुना से ज्यादा टैबलेट देश के पास आज डोमेस्टिक यूज के लिये अवेलेबल हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और अत्यधिक संक्रमण वाले इलाकों में कोविड उन्नीस को फैलने से रोकने के प्रयासों के लिए स्थानीय शहरी निकाय कारगर प्रयास कर रहे हैं

जिनमें एक करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को भोजन दिया जा रहा है रेल मंत्रालय राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बावजूद जरूरी वस्तुओं की माल ढुलाई सेवा जारी रखे हुए है ताकि कोरोना चुनौती से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग किया जा सके मंत्रालय ने कहा है कि सरकार जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और कृषि उत्पादों को राज्यों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है

अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम के एक लाख से अधिक कर्मियों और मजदूरों के लिए कोविड उन्नीस बीमा सुरक्षा की घोषणा की उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों और मजदूरों का पैंतीस लाख रुपये तक का बीमा किया जायेगा यह बीमा चौबीस मार्च से अगले छह महीने तक लागू है श्री पासवान ने कहा कि कोविड उन्नीस से मृत्यु पर निगम के मजदूरों के परिजनों को पंद्रह लाख अनुबंधित मजदूरों के परिजनों को दस लाख और निगम के अन्य कर्मियों के परिजनों को पच्चीस से पैंतीस लाख रुपये मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस महीने त्योहारों को देखते हुए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को कहा है साथ ही किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति नहीं देने को कहा है राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाये रखने और आपत्तिजनक तथा फर्जी खबरों पर रोक लगाने को भी कहा गया है गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के अनुपालन में प्रशासन सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग लें पूर्णबंदी का उल्लंघन करने वालो पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से अपील की है कि वे आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को बढ़ावा दे ताकि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में प्ररा देश एकजुट हो सके वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर कोरोना की रोकथाम नियंत्रण और प्रबंधन की सर्वोच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की लोग परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखे उन्होंने देश में कोरोना के इलाज के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उन्नीस अस्पतालों की स्थिति की भी समीक्षा की नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉ राकेश गर्ग ने कहा कि संक्रमित रोगी के संपर्क में आए व्यक्ति को खुद हीं क्वारेंटीन में चले जाना चाहिए

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पच्चीस मार्च से लागू इस अवधि के दौरान सात करोड़ सतहत्तर लाख किसान परिवारों को सहायता पहुंचाई गई है अब तक पंद्रह हजार पांच सौ इकतीस करोड़ रुपये जारी किए गए हैं कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने तथा किसानों और कृषि मजद्रों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए राज्यों को खरीफ मौसम के दौरान फसल कटाई और छंटाई की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को किसानों से उपज की सीधी खरीद और बिक्री का प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अत्यधिक संवेदनशील सीवान बेगूसराय और नवादा जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने स्वास्थ्य अधिकारियों से उन इलाकों में अधिक से अधिक लोगों की व्यापक स्वास्थ्य जांच और निगरानी तेज करने को कहा है जहां बड़ी संख्या में लोग संक्रमित पाए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में पॉजिटिव क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का प्रदेश में व्यापक असर देखा जा रहा है सड़कों पर अनावश्यक निकले लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर राज्य में आठ सौ बारह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है इस दौरान पुलिस ने तेरह हजार छियासठ वाहन जब्त किये हैं जिन से सवा तीन करोड़ रूपये जुर्माना वसूला गया है राज्य के विभिन्न भागों से अब तक कोविड उन्नीस संक्रमण के साठ मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से सबसे अधिक उनतीस सीवान जिले के हैं जिसमें तेईस लोग एक ही परिवार के है जो ओमान से लौटे अपने एक परिजन के संपर्क में आये थे इन क्षेत्रों को सील कर दिया गया वहां लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गयी है प्रदेश में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए बिहार सैन्य पुलिस के जवानों के साथ साथ एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है संक्रमण की संख्या बढ़ने के बाद राज्य के कई जिलों की सीमाएं सील कर दी गयी है पटना जिला प्रशासन ने उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले राजेन्द्र सेतु को सील कर दिया है जिले में गंगा नदी में नाव के परिचालन पर भी रोक लगा दी गयी है वहीं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा पर स्थित गंडक रेवा पुल को सील कर दिया है इधर बेगूसराय में भी घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र में बीएमपी की आठ कम्पनियां तैनात की गयी है वहीं राज्य में कोविड उन्नीस के अठारह मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि पटना में जो पांच मरीज संक्रमित मिले थे उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट भी निगेटिव मिली है इधर पॉजिटिव मरीजों में सबसे अधिक ग्यारह नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जबकि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया में दो और भागलपूर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया जा रहा है इधर देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ सौ छियानवे और मामले मिलने के साथ कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढकर छह हजार सात सौ इकसठ हो गयी है जबकि मृतकों की संख्या बढकर दो सौ छह हो गयी है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पांच सौ पंद्रह लोग इलाज के बाद ठीक हो गये हैं कुल मामलों में इकहत्तर विदेशी नागरिक हैं देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं नागरिकों से सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और भीड़भाड़ से बचने जैसे अनेक उपाय करने को कहा गया है साउंड बाईट सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहे आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए हाथ को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक धोना चाहिए यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्कमें आने से बचे और तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज सभी समाचारों पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान लिखता है उनतीस लोग संक्रमित सीवान में किलेबंदी दैनिक जागरण की सुर्खी है लॉकडाउन के उल्लंघन पर मुखिया व पंचायत में पार्षद होंगे जिम्मेदार दैनिक भास्कर ने बिहार में अब तक साठ मरीज इनमें से छत्तीस को सिर्फ दो की लापरवाही से कोरोना की खबर को बड़ी खबर बनाया है इसके साथ ही राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना की आशंका होने पर जांच करबाने सहित लॉकडाउन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

केंद्र सरकार ने कहा देश में सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुयी है